बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू

बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है छब्बीस जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी दिवंगत सदस्यों के प्रति शोक प्रस्ताव पारित कर सदन की कार्यवाही सोमवार ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी इसके पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा इसके अलावा चार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किये गये बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक दो हजार अठारह में मद्य निषेध संबंधी नये प्रस्ताव को शामिल किया गया है इसी तरह दहेज प्रतिषेध संशोधन विधेयक में उन्नीस सौ पचहत्तर में शामिल किये गये प्रावधान को हटाया गया है बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक में भी कुछ नये प्रावधान किये गये हैं इसके अलावा बिहार वित्त विधेयक में भी नये अधिनियम को शामिल किया गया है सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदस्यों का स्वागत करते हुए सदन के संचालन में सहयोग करने की अपील की विधान परिषद् के उप सभापति हारून रसीद ने राज्य में शराबंदी दहेज प्रथा बाल विवाह पर रोक और दलित तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए किये गये नीतीश सरकार के कार्यों की विस्तार से चर्चा की उन्होंने हाल ही में विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता के चार सौ मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली असम की हिमा दास को सदन की ओर से हार्दिक बधाई दी उप सभापति ने उच्च सदन के लिए नवनिर्वाचित ग्यारह सदस्यों का परिचय कराते हुए उनका सदन में स्वागत किया और उन्हें हार्दिक बधाई दी व्हाट्स ऐप ने कहा है कि भारत में उपयोगकर्ता को एक बार में पांच से अधिक चेट्स की अनुमति नहीं दी जायेगी यह कदम व्हाट्स ऐप के जरिये फर्जी संदेश भेजने की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि हुई है कंपनी ने कहा है कि वह क्विक फॉरवार्ड बटन को ही हटा देगी व्हाट्स ऐप को फर्जी समाचारों और झूठी सूचनाओं के प्रसार के मुद्दे पर भारत सरकार से फटकार पड़ी है सरकार ने कल उसे दूसरा नोटिस भेजकर इस समस्या का हल निकालने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा था इस बीच सोशल मीडिया साइट फेसबुक ने भी कहा है कि वह फर्जी खबरों और झूठी सूचनाओं को हटाने की शुरूआत करेगा नये नियमों के तहत उन फर्जी खबरों और तस्वीरों को भी प्रतिबंधित किया जायेगा जो हिंसा भड़का सकते हैं केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सीमेंट के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुये इसे आवश्यक वस्तुओं की सूची में डालने की तैयारी की जा रही है श्री गडकरी ने कहा कि केंद्र के इस कदम से सीमेंट कंपनियों के मनमाने रवैये पर रोक लगेगी लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ राज्यों में सीमेंट का बोरा तीन सौ अस्सी रूपये का है जबकि कुछ राज्यों में दो सौ दस रूपये का है उन्होंने कहा कि सीमेंट की दरों के बारे में एक स्पष्ट नीति की जरूरत है पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि प्रदेश में सड़कों की तरह प्रल प्रलियों के रख रखाव के लिये नई नीति बनायी जायेगी श्री यादव ने कहा कि पिछले पंद्रह सालों में सत्रह सौ पुलों का निर्माण किया गया है उन्होंने कहा कि इन पुलों के रख रखाव के लिये दीर्घकालीन नीति लायी जायेगी श्री यादव ने बताया कि सोन नदी पर बन रहे दाउदनगर नासरीगंज पुल और गंडौल बिरौल पुल पर इस साल से आवागमन शुरू हो जायेगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा विभागवार आरक्षण लागू करने के दिये गये फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने के कारण यह फैसला किया गया है राज्य सरकार ने कहा है कि डीसी बिल जमा नहीं करने वाले जिलों का हर मद में आवंटन रोक दिया जायेगा गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने अठारह जिलों को पत्र लिखकर शीघ्र डीसी बिल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है भारतीय सुचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद मुनव्वर का देर रात सिल्लीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया वे चौवन वर्ष के थे मोहम्मद मुनव्वर फिल्ड आउटरिच ब्यूरो सिल्लीगुड़ी में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत थे वे उन्नीस सौ तिरानवे से दो हजार दो तक प्रदेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी पटना में पदस्थापित थे पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और रिजनल आउटरींच ब्यूरो आरओबी पटना के अपर महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन किया गया जिसमें पटना स्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाईयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने संवेदना व्यक्त की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह छियालीसवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर विचार और सुझाव देने को कहा है इसके अलावा टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में संदेश रिकार्ड कराया जा सकता है एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से भी कार्यक्रम के लिए सुझाव भेजा जा सकता है मौसम विभाग ने बाईस जुलाई के बाद प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की संभावना जतायी है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले अड़तालीस घंटों के दौरान कहीं कहीं स्थानीय कारणों से हल्की बारिश हो सकती है इधर तेज धूप और वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाने से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है कटिहार में भीषण गर्मी के कारण सात बच्चे समेत एक दर्जन लोग बेहोश हो गये पटना का अधिकतम तापमान इकतालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है भागलपुर और पूर्णिया का तापमान भी चालीस डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया सूपौल नवादा और कैमूर जिले से पूलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया है प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के दीनापट्टी के पास एक वाहन से एक सौ पच्चीस कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया नवादा जिले के अकबरपुर थाना के पतांगी और बरहोरी के पास तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में शराब के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है उधर कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के कठीज गांव के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या दो पर देर रात पुलिस ने एक कार से पैंतीस कार्टन विदेशी शराब बरामद किया पंजाब नैशनल बैंक के पूर्व प्रबंधक अनिल कुमार को सतासी लाख रूपये गबन करने और धोखाधड़ी करने के मामले में मुजफ्फरपुर में आज गिरफ्तार किया गया है धोखाधड़ी के मामले में बेगूसराय के तेघड़ा प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष और बरौनी तीन पंचायत के मुखिया प्रभात कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है शेखप्रा के चेवारा प्रखंड के एकरामा पंचायत के मुखिया और पंचायत सेवक उमाकांत के खिलाफ सरकारी राशि के गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया है खगड़िया जिले के पसराहा थाना के देवठा गांव के पास अनियंत्रित ट्रक से कुचल जाने के कारण तीन युवकों की मौत हो गयी और दो अन्य घायल हो गये पूर्वी चंपारण जिले में पकड़ीदयाल के सुंदरपूर में जमीन विवाद के दौरान हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है शिवहर जिले में द्रष्कर्म के एक मामले में एक अभिय्रक्त को आजीवन कारावास और एक लाख अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है पटना की विशेष अदालत ने नाबालिक छात्रा के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के चर्चित मामले में एक प्रतिष्ठित विद्यालय के दो शिक्षिकाओं को दस वर्ष के सश्रम कारावास के साथ बीस बीस हजार जुर्माने की सजा सुनायी सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के सब्बलपुर चांई टोला गांव में रंगदारी वसूलने का विरोध करने पर अपराधियों ने आज एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी जिले के सोनपूर थाना क्षेत्र के बरबटटा शिक्षक कॉलोनी में केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य के मकान में घूसकर दिन दहाड़े पन्द्रह लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की डकैती कर फरार हो गये